श्री मोदी ने कहा कि लोगों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

उन्हों ने कहा कि पहले की सरकार लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशील नहीं थी लोगों को अपना काम कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दिव्यांगों के लिए नौ हजार शिविर आयोजित किए गए हैं और नौ सौ करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत सभी हवाई अड्डों सात सौ रेलगाडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज संस्थान स्थापित किए गए हैं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

उन्हों ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की है बैंकिंग क्षेत्र में भी इनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं स्लग सीएम एप लांच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने और उत्तराखंड पुलिस की ई चालान प्रणाली और ट्रैफिक आई एप को लॉन्च किया

ई चालान के जरिए घर बैठे चालान की रकम जमा कर सकते हैं

समारोह के दौरान प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने बताया ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है ई चालान गुड गवर्नेस की दिशा में एक कदम है ट्रैफिक पुलिस के निदेशक केवल खुराना ने ऐप के संबंध में बताया कि अब कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन के बारे में जानकारी दे सकता है इसके आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी स्लग अरविंद पांडेय प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को समूह ग में सीधे नियुक्ति देने पर विचार कर रही है खेलमंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं

इससे ठंड में पुनः इजाफा हो गया है राजधानी देहरादून में आज दोपहर बादल छाने के साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई वहीं चमोली उत्तरकाशी बागेश्वर रूद्रप्रयाग समेत पर्वतीय जिलों में भी कई जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के समाचार हैं मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार आज रात तक बारिश का सिलसिला तकरीबन सभी जगह रह सकता है लेकिन कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है हालांकि कुछ स्थानों पर कल भी बारिश होने की संभावना है वॉटर कॉन्क्लेव रुड़की भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान रूड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय वॉटर कॉन्क्लेव में देश विदेश से आये विशेषज्ञो ने जल प्रबंधन और नमामि गंगे मिशन पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर विचार रखे वहीं इस अवसर पर नमामि गंगे के प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वॉटर कॉन्क्लेव आयोजन से दुनियाभर में अच्छा संदेश जाएगा उन्होंने कहा कि वॉटर कॉन्क्लेव आयोजन में नमामि गंगे कार्यक्रम को भी सराहा गया है साथ ही चर्चा में नमामि गंगे को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं कार्यक्रम के दौरान नमामि गंगे के प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि स्कूली बच्चों और लोगों के लिए दो दिन के लिये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा वॉटर कॉन्क्लेव में गंगा नदी के संरक्षण और जल स्त्रोतों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया

इस ग्रुप में नए युवाओं को शामिल करते हुए उन्हें स्वछता अभियान से जोड़ा जा रहा है मनोज की यह पहल धीरे धीरे बड़ी मुहिम में बदल गई है उनकी इस मुहिम में युवा और स्कूली बच्चे भी जुड़े हैं इस ग्रुप की कोशिश है कि स्वच्छता के साथ साथ लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक हों दरअसल मनोज और उनका ग्रुप उन स्थानों पर दीवारों को वॉल पेंटिंग के जरिए साफ सुथरा और आकर्षक बना रहा है जहां लोग सफाई होने के बाद पुनः कूड़ा डालते थे वॉल पेंटिंग के साथ ही स्वच्छता को लेकर स्लोगन भी दीवारों पर लिखे जा रहे हैं लोगों पर भी इस मुहिम का खासा असर हो रहा है

कृम्भ क्षेत्र के पुलों गंगाघाटों और चौराहों पर इस बार लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है शाम होते ही चौराहों की लाइटिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं जगह जगह कृंभ का आमंत्रण देते लाइटिंग वाले होर्डिंग्स भी खासे लोकप्रिय हो रहे हैं मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज मेला नियंत्रण कक्ष में गंगा सभा के साथ समन्वय बैठक की उन्होंने मेला क्षेत्र में गंगा पर बने पुलों का निरीक्षण कर अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इसके साथ ही हर की पैड़ी क्षेत्र में सोलर लाईट और आधुनिक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी कार्यो को समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीका से पूरा करने के निर्देश दिये